भिवानी के मुक्केबाज सचिव सिवाच ने पोलैंड में युवा विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण भारत को कोविड संबंधी नियमों का पालन करने और कोरोना महामारी की द्सरी लहर को हराने का आग्रह किया है देशभर में स्वामित्व योजना का श्रभारंभ करने के लिए आयोजित समारोह में श्री मोदी ने ग्रामीण भारत के जज्बे की सराहना की

प्रधानमंत्री ने पंचायतों से मु जल स्वच्छता कृषि और शिक्षा के बारे में स्थानीय स्तर पर अभियान चलाने का आग्रह भी किया उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस ग्रामीण भारत के नवनिर्माण के संकल्प को दोहराने का महत्वपूर्ण अवसर है उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा प्रधानमंत्री ने ैकहा कि इस योजना के तहत जमीन के मालिकों के वास्तविक भू क्षेत्र के आकलन के लिए पहली बार ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी वितरित किए

इस अवसर पर कार्यक्रम में चंडीगढ से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व उपमुख्यमंत्री श्री दष्यंत चौटाला भी वर्चअल माध्यम से जुड़े

इस योजना के तहत ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों के सम्पत्ति कार्ड दिए गए

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रसारण किया गया इस दौरान लघु सचिवालय में रोहतक के अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल प्रमुख तौर पर मौजूद रहे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने आज देश में ऑक्सीजन की उपलब्यता बढाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की बैठक में मेडिकल ऑक्सीजन की बढती मांग को देखते हुए इसकी उपलब्यता और उत्पादन बढाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया केन्द्र ने मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य विकित्सा उपकरणों के आयात को बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी छट देने का फैसला किया है

बैठक में श्री मोदी ने घरों और अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए आवश्यक उपकरणों और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढाने की आवश्यकता पर भी कल दिया प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इस कार्य के लिए सभी विभागों और मंत्रालयों को तालमेल बनाकर काम करना चाहिए

इसके अलावा आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू द्यूब चैनलों पर भी इस कार्यकम का सीधा प्रसारण किया जायेगा हिन्दी प्रसारण के त्ररंत बाद यह कार्यकम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जायेगा

हरियाणा के किसानों को पहली बार रबी फसल की खरीद पर सीधे किसानों के खातों में पैसा डाला जा रहा है इससे प्रदेशभर के किसानों में खूशी की लहर है

पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी मंडियों में सामाजिक दूरी रखी जा रही है व सेनीटाइजर तथा मॉस्क उपलब्ध करवाए गए हैं

सिरसा के उपायुक्त प्रदीप कुमार ने आज सिरसा इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित एक निजी गैस संयंत्र का निरीक्षण किया और संयंत्र के गैस स्टोर को पड़ताल भी की उन्होंने प्लांट मालिकों से जीवन रक्षक ऑक्सीजन गैस के उत्पादन व आपूर्ति की स्थिति के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी ली तत्पश्चात उपायुक्त ने शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल व संजीवनी अस्पताल का भी निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमितों के उपचार प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली भिवानी जिला के गांव मिताथल के अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज सचिन कुमार ने युवा विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है